स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को सराहा

प्रधानमंत्री वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं उन्होंने इस वर्ष के लिए लोकल फॉर दिवाली का नारा दिया है और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है

इस मौके पर खड़ापत्थर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है

जयराम ठाक्र ने कहा कि गिरी गंगा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर में पूजा अर्चना भी की उन्होंने कहा कि हाटकोटी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इसका उचित सौंदर्यकरण और रखरखाव किया जाए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी के कारण बागवानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री ने सरस्वती नगर स्थित खेल मैदान में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक और अन्य संबद्ध कार्यों का निरीक्षण भी किया

उन्होंने कहा कि भटियात में बहने वाले नालों की चैनेलाईजेशन का कार्य किया जाएगा ताकि भूमि कटाव से लोगों को राहत मिल सकें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के आर्थिक भविष्य को तय करने में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग में व्यापक बदलाव लाया जा रहा है

इसके लिए पंचायतों व शहरी निकायों में आवास बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस योजना से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए पुनः सर्वे किया जाएगा सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है

सैजल ने कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को खंड जिला व राज्य स्तर पर त्वरित सुचना सम्प्रेषण के लिए स्मार्ट फोन दे रही है

उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में सराहनीय भूमिका निभाई है सैजल ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का आहवान भी किया इस दौरान स्थानीय विधायक हीरालाल ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यो की चर्चा की

महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस ने बढ़ती मंहगाई के खिलाफ आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश बुरे दौर से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई से गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीना मुश्किल होता जा रहा है जैनब चंदेल ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी प्रदेश सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी हैं उन्होंने सरकार पर जमाखोरी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया रोहित ठाक्र कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जुब्बल दौरे को महज पंचायत चुनावी स्टंट करार दिया है रोहड् में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान शिमला जिला सहित हर क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है और जनता को निराशा ही हाथ लगी है उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास समान दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है लेकिन मुख्यमंत्री मंडी और सिराज तक ही सीमित रह गए हैं रोहित ठाकुर ने विधायक नरेंद्र बरागटा पर भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में विफल रहने का आरोप लगाया लाहौल सेब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में इन दिनों सेब तुड़ान व पैकिंग का कार्य चल रहा है लाहौल घाटी के सेब देश व प्रदेश की मंडियो में पहुंचने शुरू हो गए हैं और सेब के अच्छे दाम मिलने से बागवान बेहद खुश हैं बागवानों का कहना है कि अब अटल टनल रोहतांग के खुलने से वे अपनी फसल को स्टोर भी कर सकते हैं और सेब को मंडियों तक भी आसानी से पहंचा सकते हैं